श्री खांड् ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के करीब चौदह हजार लोग राज्य में वापस आ च्के है और उन्हें संस्थागत क्वारेटिन में रखने के बाद जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम क्वारेटिन में भेज दिया गया है स्कूलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर श्री खांडू ने कहा कि अगस्त से पहले शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जाएगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अन्सार राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के महा विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया जाएगा बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य स्विधाओं और आत्म निर्भर भारत योजना पर भी चर्चा की गई

एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय हैः घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि प्री द्रनिया कोरोना महामारी से ज्झ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न च्नौतियों के बहआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक सक्षमता बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक च्नौतियों से निपटने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की ज़रुरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले क्छ वर्षों में ख़ासकर य्वाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है

राज्यभर में कल तक कोविड जांच के लिए सत्रह हजार पांच सौ एक सैंपल एकत्र किए गए जिसमें से एक हजार सात सौ छप्पन की रिपोर्ट का इंतजार है राज्यभर में अधिसूचित क्वारेंटिन सेंटर्स में क्ल तेरह हजार चार सौ ग्यारह बैड है डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में छप्पन बेड है जबकि राज्यभर में बत्तीस डेडिकेटेड कोविड हैल्थ सेंटर में तीन सौ छब्बीस बेड है और छाछठ डेडिकेटेड कोविड कैयर सेंटर में क्ल दो हजार चार सौ संतानवें बेड है इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमें ने कहा है कि देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में वापस आने वाले लोगों को क्वारेंटिन में रखने और इससे निकलकर होम क्वारेंटिन में जाने वाले लोगों की प्रभावी तरीके से निगरानी किये जा रही है

आंध्र प्रदेश और ग्जरात में चार चार मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन तीन झारखंड में दो तथा मणिप्र मिजोरम और मेघालय में एक एक सीटें हैं कर्नाटक में चार सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गये ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौडा कांग्रेस नेता मल्लिकार्ज्न खड़गे भाजपा उम्मीदवार इरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती अरूणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया भी राज्य सभा की एक मात्र सीट के लिए निर्विरोध चुने गये हैं

उन्होंने कहा कि इस समय लगभग दस दशों में मानव परीक्षण पहले चरण में है और उनमें से तीन देश परीक्षण के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिससे वैक्सीन से उपचार के प्रभाव का पता लगेगा उन्होंने कहा कि संभवत इस वर्ष के अंत तक इस परीक्षण में एक या दो देश सफल हो सकते हैं